इन दिशा निर्देशों में बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए कई जरूरी कदम उठाने के सुणव दिए गए हैं इसमें गले मिलने और हाथ मिलाने जैसे अभिवादन से बचने की सलाह दी गयी है निजी क्षेत्रों के संगठनों को कहा गया है कि वे अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति प्रदान करें रेस्टोरेंट और ढाबों के मालिकों को कहा गया है कि वे बार बार छूने वाली सतहों की सफाई करवाएं शादियों में आगंतुकों की संख्या सीमित रखने तथा सांस्कृतिक तथा सामाजिक समारोह स्थगित करने की सलाह दी गयी है स्वास्थ्य विभाग के अंतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा जारी एडवाइजरी में कई अन्य निर्देश भी दिए गए हैं इस बीच प्रदेश में सभी जिलों में कोरोना संकमण से बचाव के संबंध में आम लोगों को जागरूक किया जा रहा है झालावाड जिले में विभिन्न विभागों के माध्यम से प्रचार प्रसार के अलावा लोगों को घर घर जाकर इस गंभीर रोग के प्रति जागरूक किया जा रहा है श्रीगंगानगर में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के अलावा नर्सिंग स्ट्रडेंट भी लोगों को जागरूक करने के लिए घरों में दस्तक दे रहे हैं

वहीं करौली जिले में अतिशय क्षेत्र श्री महावीरजी कमेटी ने बडा निर्णय लेते हुए भगवान महावीर के मेले में कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं करने का निर्णय लिया है मेले के दौरान रथ यात्रा को केवल रस्म अदायगी के लिए पूरा किया जाएगा

नागौर फोर्ट भी दर्शकों के लिए बंद रहेगा

इस बीच बूंदी में कोरोना वायरस संकमण रोकने के संबंध में सरकार द्वारा जारी आदेशों की सख्ती से पालना की जा रही है

वहीं आधा दर्जन से अधिक निजी व्यक्तियों ने भी जनहित याचिकाएं पेश की हैं मामले में हाईकोर्ट कल सुनवाई कर सकता है राजस्थान हाईकोर्ट सहित प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में इस माह केवल अतिआवश्यक मामलों पर ही सुनवाई की जाएगी साथ ही संकमण रोकने के लिए सभी कैंटीन को बंद रखा जाएगा और पक्षकारों के पास भी नहीं बनाए जाएंगे

इस बैठक में कांग्रेस भाजपा के अलावा अन्य दलों के नेताओं ने भाग लिया मुख्यमंत्री ने इसके बाद विभिन्न धर्मग्रूओं के साथ भी इस मसले पर बैठक कर उनसे सहयोग की अपील की उधर उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर नरेगा में काम करने वाले नागरिकों के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए

यह जानकारी देते हुए महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने बताया कि बजट घोषणा के अनुसार ड्रंगरपुर बांसवाडा उदयपुर और प्रतापगढ जिलों को इस पायलट प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है श्रीमती भूपेश ने बताया कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के तहत पहली संतान पर पोषण के लिए राशि दी जाती थी लेकिन इस योजना के तहत दूसरी संतान पर किस्तों में छह हजार रूपए दिए जाएंगे उन्होंने कहा कि इस तरह की पहल करने वाला राजस्थान पहला राज्य है

आरोपी परिवादी द्वारा किए गए कार्यो के बिल पास करने और चैक पर हस्ताक्षर करने की एवज में पहले एक लाख रूपए प्राप्त कर चुका था

जनरल नरवणे ने सैन्य अधिकारियों से ऑपरेशनल गतिविधियों के बारे में जानकारी ली